अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना केन्द्र ने देशभर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्धार करने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुनर्भरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान इस वर्ष पंद्रह सितम्बर तक चलेगा

अगर ऐसा नहीं है तो विरोष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए ग्रूप आवासीय सोसायटी और रेजिडेंट येलफेयर एसोसिएशन को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में भवन निर्माण के नियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सुविधा मौजूद होने के बाद ही भवन निर्माण की इजाजत दी जाए साथ ही अधिवासी और पूर्णता पत्र देने से पहले इसकी जांच भी की जाए दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरम अग्रवाल हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल के संरक्षण पर जोर दिया था उन्होंने कहा था कि इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है इधर प्रदेश में भी जल शक्ति अभियान गति पकड़ने लगा है आज बेगूसराय में इस अभियान की शुरूआत की गयी जिलाधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में इकतीस विभाग के अधिकारियों ने सूखे तालाब के खुदाई में श्रमदान किया इधर पटना जिले में पांच प्रखंडों फुलवारीशरीफ संपतचक पटना सदर और अथमलगोला में जल शक्ति अभियान की शुरूआत की जाएगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि चयनित प्रखंडों में सोख्ता गड्ढा के निर्माण के साथ साथ सघन पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा साथ ही सूखे पड़े तालाबों का जीर्णोद्वार भी होगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने भूमि सौदों हस्तांतरण और पंजीकरण को मुकदमेबाजी से मुक्त रखने के लिए व्यापक और आदर्श कानून बनाने का आह्वान किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही

उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि केन्द्र और राज्य सरकारों को भूमि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कानुन बनाने के लिए एकसाथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करना चाहिए यह देखते हुए कि भारत की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि है येंकैया नायडू ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज की आवश्यकता पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने केंन्द्र और राज्य सरकारों से प्रक्रियाओं को सरल और उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का अनुरोध भी किया

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने भारतीय रेलवे को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से दो हजार तीस तक पचास लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है उन्होंने कहा कि पर्याप्त निवेश न होने की वजह से देश में रेल ब्रनियादी संरचना में पिछले पैंसठ वर्ष के दौरान मात्र तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि यात्री और माल यातायात एक हजार पांच सौ प्रतिशत बढ़ा है

वे आज तिरूपति में भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे

उन्होंने नए सदस्यों से पौधे लगाने को भी कहा इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर के ताजपुर में पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम की शुरूआत की उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यों की संख्या एक करोड़ से बढ़ा कर सवा करोड़ किये जाने का लक्ष्य है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की लगातार तीसरे दिन जारी हड़ताल के कारण इमरजेन्सी और ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है मरीजों और उनके परिजनों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जूनियर डॉक्टरों के संघ के साथ अस्पताल प्रशासन की तीन बार हुई वार्ता बेनतीजा रही है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर भारती ने बताया कि जब तक ओपीडी को दलालों से मुक्त नहीं कराया जाएगा और हड्डी रोग विभाग के विभागाध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी इधर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि उन्होंने सिविल सर्जन से पचास अतिरिक्त चिकित्सकों की मांग की थी लेकिन अब तक एक भी चिकित्सक की प्रतिनियूक्ति नहीं हो सकी है उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त चिकित्सक की व्यवस्था हो जाती है तो स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो जाएगी संदिग्ध दिमागी बुखार यानि एईएस से पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच बच्चों की मौत हो गयी गया में दो जबकि छपरा बांका और मूजफ्फरपूर में एक एक बच्चे की मौत की खबर है अब तक इस बीमारी से दो सौ तीन बच्चों की मौत हो चुकी है इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने एईएस से प्रदेश में बच्चों की हो रही मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है मुजफ्फरपुर से शुरू हुई पांच दिवसीय पदयात्रा के पटना में समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बच्चों की हो रही मौत प्रशासनिक तंत्र की विफलता है इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी आज दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर धरना दिया मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय हो जाने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग में कम दबाव क्षेत्र बनने के कारण मॉनसून का सिस्टम मजबूत हुआ है गंगा के तटीय क्षेत्र और सीमांचल में कई जगहों पर जोरदार बारिश और ओला पड़ने की आशंका जताई गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया में सबसे अधिक छियासठ दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं भागलपुर में तीस सबौर और डिहरी में उनतीस उनतीस मुजफ्फरपुर में अठाईस और पूर्णियां में बीस दशमलव तीन मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी राजद के बागी नेता अली अशरफ फातमी ने जदयू में शामिल होने की घोषणा की है संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होंगे श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर कल देवघर में बिहार और झारखंड के आलाधिकारियों की बैठक होगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांवरिया मार्ग की सुरक्षा को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी सुरक्षा मे सीआरपीएफ और एटीएस की तैनाती की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जाएगा इधर आज बांका में जिले के प्रभारी मंत्री रामसेवक सिंह ने श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों से हर हाल में सोलह जुलाई तक कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का काम पूरा कर लेने का अधिकारियों को निर्देश दिया शिक्षा विभाग ने सभी राजकीय राजकीयकृत और परियोजना माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समितियों की नियमित बैठक अनिवार्य कर दिया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है पत्र में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में अभी तक प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है वहाँ तत्काल इसका गठन किया जाए साथ ही समिति की निश्चित अंतराल पर बैठक हो ऐसा नहीं करने वाले प्राचार्यों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी समस्तीपूर के पूसा स्थित राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मक्के की एक ऐसी प्रजाति का विकास किया है जो कम पानी में अधिक पैदावार देती है इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि मक्के का यह प्रभेद कम पानी में खेतों की मेड़ पर उगाया जा सकता है उन्होंने बताया कि पारंपरिक मक्के की तुलना में इस प्रजाति से चौदह प्रतिशत तक अधिक पैदावार होती है कैमूर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा विदेशी शराब बरामद की इस दौरान सात तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया वहीं वैशाली जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के बखराखुर्द गांव में पुलिस ने आज छापेमारी कर शराब और हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया इधर अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के घूरना चौकी क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से लगभग तीन हजार बोतल शराब बरामद की है

वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिछले दिनों हुए दो करोड़ रुपये के जेवर लूटकांड मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया पटना जिले के पालीगंज से पुलिस ने बालू माफिया सुनील यादव और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और पंद्रह लाख रुपये नकद बरामद किये गये हैं वैशाली जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के पुरैनिया गांव में पोखर में स्नान करने के दौरान डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई सारण जिले में भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव के निकट अपराधियों ने बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया

अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना